न् शिक्षा विभाग ने राज्य के करीब बारह हजार माध्यमिक और दो हजार तीन सौ उच्च व प्लस ट्र विद्यालय में प्रभारी प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की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

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खिलौना मेले का उदघाटन करेंगे इस आयोजन का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देना है प्रधानमंत्री ने देश में खिलौना निर्माण में तेजी लाने पर भी बल दिया है खिलौना मेले से सरकार और उद्योग जगत को इस संबंध में चर्चा का अवसर मिलेगा कि भारत को खिलौना निर्माण और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए निवेश किस प्रकार आकर्षित किया जाए झारखंड से इस खिलौना मेले में रांची बोकारो धनबाद जमशेदपुर और सिमडेगा से भी स्थानीय शिल्पकारों और उद्यमियों क चयन किया है

इन चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में मतगणना दो मई को होगी

श्री अरोड़ा ने कहा कि मतदान का समय एक घंटा बढाया गया है श्री अरोडा ने कहा कि चुनाव के दौरान पर्याप्त संख्या में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की जाएगी श्री अरोडा ने कहा कि चुनाव कार्य के लिए तैनात प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव से पहले कोविड से बचाव के टीके लगाए जाएंगे प्रवर्तन निदेशालय ने मगध आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े टेरर फंडिग मामले में प्रवर्तन निदेशालय के विशेष न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है इसमें टीपीसी के उग्रवादियों पर लगभग चार करोड़ बिरान्बे लाख रुपए की मनी लाउंड्रिंग का आरोप है उग्रवादियों ने कोयला कारोबारियों ट्रांसपोटर्स आउटसोर्सिंग कंपनियों और संवेदकों से यह राशि वसूली है उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को टेरर फंडिंग मामले की जांच करने का आदेश दिया था झारखंड उच्च न्यायालय ने नियुक्ति के बाद सेवा से बर्खास्त बयालीस सब इंस्पेक्टर को फिर से बहाल करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है न्यायधीश एच सी मिश्र की अदालत ने इस बाबत दायर अवमानना याचिका पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए इन्हें छह सप्ताह के अंदर पुर्नबहाल करने का कहा गौरतलब है कि उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी भी दायर की थी लेकिन न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा था बिना सामान के हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट की कीमतों में छूट दी जाएगी केंद्रीय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है टिकट में रियायत का लाभ सिर्फ केबिन बैग लेकर सफर करने वाले यात्रियों को मिलेगा रांची हावड़ा एक्सप्रेस का परिचालन आज सिर्फ टाटानगर तक होगा संतरागाछी और संक्रैल स्टेशन के बीच नई रेललाइन में होनवाले कार्य को लेकर टाटानगर से हावड़ा के बीच ट्रेन का परिचालन स्थगित रहेगा वहीं राउरकेला जयनगर एक्सप्रेस आज और कल और आसनसोल रांची आसनसोल मेमू पैसेंजर एक मार्च को स्थगित रहेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इस कार्यक्रम में अपनी प्रेरणादायक घटनाओं को साझा करने का आग्रह किया है लोग अपने विचार नमो एप या माईगोव ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं

रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है विचार और सुझाव प्राप्त करने का आज अंतिम दिन है

पहले चरण का टीका लगवाने वालों में एक लाख इक्यावन हजार दो सौ सत्तासी हेल्थ वर्कर्स और एक लाख बावन हजार नौ सौ सात फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वहीं कल चार सौ छियत्तर हेल्थवर्कर्स और तीन हजार एक सौ चौंतीस फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले चरण का टीका दिया गया जबकि दूसरे चरण का टीका लेने वाले कुल चार हजार दो सौ दो हेल्थवर्कर्स हैं स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल आय विशेष लोगों के टीकाकरण के बारे में राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों की एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की

बैठक के दौरान राज्यों से प्राइवेट स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए टीकाकरण प्रक्रिया के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा गया लाभार्थी को विन पोर्टल और आरोग्य सेतू के माध्यम से स्वत पंजीकरण करा सकते हैं सरकारी टीकाकरण केन्द्रों पर निशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था होगी

मंत्रालय ने कहा है कि कोविड के मरीजों की संख्या में कमी के बावजूद निगरानी नियंत्रण और सावधानी बरतना बहुत जरूरी है राज्यों को सलाह दी गई है कि वे टीकाकरण की प्रक्रिया तेज करें और संक्रमण को और न बढ़ने दें बोकारो जिले में किसानों को कृषि के आध्निक तकनीकों से अवगत कराया जायेगा इसके लिए डिप्लोमा धारी खाद बीज विकताओं का सहयोग लिया जायेगा राज्य के करीब बारह हजार माध्यमिक और दो हजार तीन सौ उच्च व प्लस दू विद्यालय में प्रभारी प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति होगी शिक्षा विभाग द्वारा प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है माध्यमिक विद्यालयों में वरीयता के हिसाब से पांच साल से अधिक कार्य अनुभव वाले शिक्षकों को प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जाएगा जबकि प्लस ट् विद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक में से आपसी वरीयता के आधार पर वरीय शिक्षक को प्रभारी प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा रांची नगर निगम क्षेत्र को तीन जोन में बांटकर फूड वैन का लाइसेंस दिया जाएगा निगम की टाउन वेंडिंग कमिटी की कल हुई बैठक में फूड वैन लाइसेंस के निर्धारित शुल्क में भी संशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया इसके तहत जोन एक में फूड वैन का लाइसेंस लेने के लिए पांच हजार जोन ट्र में तीन हजार और जोन तीन में एक हजार पांच सौ रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है खूंटी जिले की मेजबानी में पॉवर लिफ्टिंग बेंचप्रेस और डेडलिफ्ट प्रतियोगिता कल से शुरू हो गई है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रतियोगिता का उदघाटन करते हुए कहा कि ऐसे खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देन के लिए सरकार हरसंभव मदद करेगी इस प्रतियोगिता में राज्यभर के लगभग तीन सौ खिलाड़ी भाग ले रहे हैं दो दिवसीय प्रतियोगिता का आज समापन हो जायेगा संक्षिप्त खबरें झारखंड उच्च न्यायालय में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से जुड़े जेल मैन्युअल उल्लंघन मामले में अब सुनवाई पांच मार्च को होगी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि झारखंड में कोरोना जांच की रफ्तार में तेजी लाई जाएगी देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ने की वजह से राज्य सरकार यह कदम उठा रही है बोकारो जिले में कल आयोजित भर्ती शिविर में विभिन्न कंपनियों द्वारा दस अभ्यर्थियों को ऑन दि स्पॉट नियुक्ति पत्र दिया गया जबकि एक सौ बीस अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन साक्षात्कार के लिए किया गया अखबारों की सुर्खियां राज्य के लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने चार राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा और झारखंड विधानसभा के बजट सत्र शुरू होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

प्रभात खबर ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा टेरर फंडिग मामले में उग्रवादियों के खिलाफ विशेष न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है

दैनिक जागरण ने बुजूर्गों के टीकाकरण को लेकर कल से शुरू हो रहे निबंधन की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है वहीं अंग्रेजी अखबर हिन्दुस्तान टाईम्स ने अर्थव्यवस्था में आ रही मजबूती की खबर को पहले पन्ने पर लिया है